पूरे देश में पटाखों के उत्पादन और बिकी रोकने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई करते हुए अदालत ने पटाखों की बिकी को शर्तो के साथ मंजूरी दे दी हैं इसके साथ ही न्यायालय ने पटाखों की ऑनलाईन बिकी पर रोक लगा दी है

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश एस के कौल की पीठ ने कल याचिकाकर्ता वकील से कहा कि इस याचिका पर सुनवाई सामान्य क्रम में होगी

अब कोर कमेटी में चर्चा के बाद तीन तीन नामों के पैनल दिल्ली भेजे जायेंगे कल रायश्मारी के बाद कोर कमेटी और चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों की बीच लंबी बातचीत हुई ग्रार्मीण विकास और पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड ने बताया कि नवम्बर के पहले सप्ताह में भाजपा की पहली सूची जारी होने की संभावना है

हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार शहरी क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों को महिला मतदान केन्द्र बनाया गया है

इसी के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने किन्नरों से मतदान करने की अपील की और उन्हें इसके लिये शपथ दिलाई हमारे संवाददाता ने बताया कि अजमेर में बडी संख्या में किन्नर है और वे आमतौर पर मतदान में हिस्सा नहीं लेते है इसकी जानकारी मिलने पर आरती डोगरा ने ये कार्रवाई की

झालावाड़ में आमसभा को सम्बोधित करने के बाद राहुल गाँधी यहां से रोड़ शो करते हुए कोटा पहूँचेंगे कोटा जिले के विभिन्न स्थानों से होते हुए यह रोड़ शो देर शाम कोटा शहर पह चेगा जहाँ नयापुरा चौराहे के पास श्री गांधी नुक्कड़ सभा को सम्बोधित करेंगे

इसके बाद उनका सीकर जाने का कार्यक्रम है

इन महिलाओं की निगरानी के लिए एक दल गठित किया गया है श्री सर्राफ ने बताया कि जीका से घबराने की जरूरत नहीं है

मंत्रालय के अनुसार सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए देशभर में हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली अभियान चलाया जायेगा

रिश्वत की ये राशि परिवादी की भिठाई की दुकान पर जीएसटी का केस नहीं बनाने की एवज में ली गई थी

ये रिश्वत क्षेत्र के स्कूलों में पोषाहार का बिल पास कराने के बदले में मांगी गई थी